मनोहर लाल ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने

दीपों का त्योहार दीपावली कल पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई गयी ब्राई पर अच्छाई की विजय के इस त्यौहार को रोशनी पर्व के रूप में मनाया जाता है लोग इस अवसर पर धन की देवी मॉ लक्ष्मी और शुभ के देवता भगवान श्रीगणेश की पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नियंत्रण रेखा की रक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ कल दीपावली मनाई सैनिकों से सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा बलों के पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि उन्हीं के दम पर ये सम्भव हुआ कि केन्द्र सरकार यो फैसले ले पायी जो असम्मव माने जाते थे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना के साहस और शौर्य का उल्लेख किया और देश के लोगों की ओर से उत्कृष्ट सेवाओं के लिये उन्हें धन्यवाद दिया पराक्रम की पराकाष्वा करने का आपका जो मिजाजहै वो मिजाज कमी पराजित होने नहीं देना और इसलिए आज मुझे उन वीरों के दर्शन करने काअवसर मिला है

पराक्रम की पराकाष्वा की है और परम विजय प्राप्त कर कर ही चैन लिया है श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समरस्मारक पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना यह दर्शाता है कि देश के नागरिक सुरक्षा बलों का कितना आदर करते हैं उन्होंने कहा सुरक्षा बलों की चौकसी और बहादुरी से ही राष्ट्र सुरक्षित है प्रधानमंत्री ने भारतीय सुरक्षा बलों को आध्निक और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को प्रतिबद्व है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजौरी से वापस लौटते समय श्री मोदी ने पठानकोट वायुसेना केन्द्र पर वायुसेना कर्मियों और सेना के जवानों के साथ भी बातचीत की गोरखप्र के वनटांगियां गांव तिनकोनिया नंबर तीन में कल वनटांगियों के साथ दीपावली मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते सौ साल तक संघर्षो की दास्ता लिख रहे वनटांगियों को असल आजादी अब मिली है सही मायने में वह दिवाली अब मना रहे हैं श्री योगी ने कहा कि लंबे समय तक पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते वन विभाग और पुलिस विभाग वनटांगियों का शोषण करता रहा और वह आजाद होने के बाद भी गुलामी की जंजीरों में भी जकड़े रहे बदहाल वनटांगिए दुर्दशा से निजात पाने के लिए निरंतर शासन प्रशासन की गुहार लगाते रहे पर उनकी एक न सुनी गई और संघर्षो की दास्तां लंबी होती गई दो हजार सत्रह में भाजपा सरकार ने अड़तीस वनटांगिया गायों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर जब उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा तो उनकी तकदीर बदल गई ढाई साल पहले तक वनटागियों के पास न तो पक्का मकान था और न ही शौचालय अब सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाम उन्हें मिल रहा है धार्मिक नगरी अयोध्या में दीप पर्व का उल्लास के साथ मनाया गया दीपावली के दिन तीन दिवसीय दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर चार लाख दस हजार और अयोध्या के विभिन्न मन्दिरों व अन्य जगहों पर दो लाख एक हजार दीपक प्रज्ज्वलित किया गया नगर के सभी मन्दिरों को आकर्षक ढंग सजाया गया है और वहां उत्सव जैसा माहौल है और विकरण हमारे प्रतिनिधि से दीपावली पर्व का अयोध्या से धार्मिक और पौराणिक सम्बन्ध हैमाना जाता है कि लंकाघिपति रावण बघ और चौदह वर्ष बनवास पूर्ण कर भगवन राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने भाकविमोर होकर दीप जलाये और खुशियों मनाई राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या उधर चित्रकूट में दीपावली की अमावस्या पर लाखों श्रद्वालुओं ने पवित्र मन्दाकिनी में डुबकी लगायी और दीपदान किया इस अवसर पर श्रद्वालुओं ने कामदगिरि की परिक्रमा भी की देवीपाटन शक्तिपीठ पर इक्कीस हजार दीप जलाकर श्रद्वालुओं ने दीपोत्सव पर्व दीपावली मनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से भारत की नारी शक्ति का पर्व मनाने का आहवान किया है उन्होंने बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने की बात कही है कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है हम समी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान हमारी बेटियाँ हमारा गौरव है और इन बेटियों के महात्म से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है त्योहारों का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो अवसर होता है जब लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने दीवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद ख़रीदने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की चर्चा करते हुए कहा कि आज इसकी बात पूरे देशभर में हो रही है उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचे युद्व क्षेत्र सियाचिन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं प्रधानमंत्री ने पर्व पर्यटन यानी फेस्टिवल टूरिज़्म के विचार पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने त्यौहारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री ने मन की बात में लौह प्रूष सरदार पटेल का भी स्मरण किया जिनकी वर्षगांठ इस महीने की इकत्तीस तारीख़ को मनाई जायेगी सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे परखते थे

इसके साथ ही ये संगठन कौशल में भी निपुष थे योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लैनिंग कितनी जबरदस्त होती थी श्री मोदी ने कहा कि इकत्तीस अक्तूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और यह हर कीमत पर देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के संरक्षण का संदेश देता है उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश एक है और इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया जिनकी इकत्तीस अक्तूबर को ही हत्या हई थी प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने की बारह तारीख़ को सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक देव जी का पांच सौ पचासवा प्रकाशोत्सव भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जायेगा गुरू नानक का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व् में अनुभव किया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू नानक देव ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई जिन्होंने पूरी श्रद्वा के साथ उनके संदेशों को अपनाया और आज भी यह प्रक्रिया जारी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहरलाल ने कल दोपहर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है जननायक जनता पार्टीके नेता दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों को शपथलेने पर बधाई दी दीपावली पंचमहापवों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है वनवास के दौरान चौदह वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परम्परा है अयोध्या के श्रीरामबल्लभा कुंज सियाराम किला झुमकी घाट सहित अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही छप्पन प्रकार के व्यंजन को तैयार करने का क्रम जारी है जिन्हें भगवान भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जायेगा अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्वाल् अयोध्या पहंच च्के हैं